बिक्रम सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और इस दिशा में कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा कार्यशाला में चेतना संस्था की संस्थापक मल्लिका नड्डा ने दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचानपत्र जारी करने का आग्रह किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले को नशामुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से रचनात्मक सहयोग देने का आहवान किया है सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने से ही नशामुक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है बिंदल ने कहा कि सिरमौर जिले को विकास का मॉडल बनाने के प्रयास किए जा रहे है और अनेक विकास परियोजनाएं स्वीकृत कर इन पर कार्य शुरू किया गया है लाहौल लाहौल स्पीति जिले में सर्दियों के दौरान छः माह के लिए प्रशासन ने ईंधन लकड़ी और दवाईयों समेत जरूरी वस्तुओं का भंडारण कर लिया है इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए त्वरित कार्यदल गठित किया गया है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में एक बैठक में सड़क बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए प्रदर्शनी प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आज कुल्लू में शुरू हुई एडीएम अक्षय सूद ने इस दस दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उनके उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित करना है वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पांच राज्यों में हो रहे चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेंगे एक ब्यान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और पार्टी प्रदेश की चारो लोक सभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव किया जा रहा है और वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है अग्निहोत्री दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और एकजुटता से लोकसभा चुनाव लड़ेगी ऊना जिले के बहडाला में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मजबूत करना है अग्निहोत्री ने पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल का आभार जताया और कहा कि उनके प्रदेश दौरों ने कार्यकर्त्ताओं में नए रक्त का संचार किया है ध्मल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्मल ने कहा कि सहकारी सभाएं ग्रामीण स्तर पर वर्षों से दिनरात सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है हमीरपुर जिले के बिझड़ में आज सहकार सप्ताह के अंतिम दिन हए समारोह में उन्होंने कहा कि सहकार से अभिप्राय सहयोग से मिलजुल कर आगे बढ़ना है ध्रमल ने कहा कि देश की पहली सहकारी समिति ऊना जिला के पंजावर गांव में बनी थी और उसके बाद समय समय पर सहकार व्यवस्था में सुधार हुआ है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने युवाओं में रचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक सोच के लिए खेलों को जरूरी बताया है सोलन जिले के परवाणू में कृश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं की सकारात्मक सोच से सतत विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं सहजल ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनकी असीमित ऊर्जा को उचित दिशा देना जरूरी है प्रकोष्ठ भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने केंद्र से सभी राज्यों में कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आज चम्बा में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकार बनी है कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के मान सम्मान की रक्षा हुई है उन्होंने कहा कि उनका प्रकोष्ठ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक बेहतर कार्य कर रहा है

एक ब्यान में इंटक के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकार ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है महासंघ ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है

नमस्कार